केन्द्र सरकार ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्दीय मंत्री पी चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है पूर्व केन्द्रीय मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर एयरसेल मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी के सुझाव को नजरअंदाज किया वित्त मंत्री रहते हुये उनपर इस सौदे को मंजूरी दिलाने में मदद करने का आरोप है यह मामला पैंतीस सौ करोड़ रूपये का है वहीं आईएनएक्स मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर भी तीन सौ पांच करोड़ रूपये हेराफेरी के आरोप लगे हैं सेना में बहाली कराने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का पटना प्रलिस ने भंडाफोड़ किया है एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि रूकनपुरा से गिरोह के सरगना समेत तीन सदस्यों को पन्द्रह लाख रूपये नकद एक चारपहिया वाहन नोट गिनने की मशीन मेटल डिटेक्टर और एक सौ साठ अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के साथ गिरफ्तार किया गया है उन्होंने बताया कि यह गिरोह अभ्यर्थियों को झांसा देकर उनसे सेना में भर्ती के नाम पर तीन लाख रूपये तक वसूलता था एसएसपी ने कहा कि पूरे मामले की जांच चल रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रदेश की पांच सड़क परियोजनाओं के लिए एक हजार तीन सौ इकतालीस करोड़ रूपये की मंजूरी दी है इस संबंध में केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में राज्य सरकार और बैंक अधिकारियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया कि इस राशि से दो सौ बत्तीस किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने का काम होगा उन्होंने बताया कि इस परियोजना में उदाकिशुनगंज विजयघाट कादिरगंज खैरा घोघा पंजरवा और बिहिया बिहटा राज्य पथ शामिल हैं राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को तीन दिनों के अन्दर बालू की दर निर्धारित करने का आदेश दिया है खनन विभाग की प्रधान सचिव अंशुली आर्या ने सभी जिलाधिकारियों को ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक कर बालू का अधिकतम बाजार दर तय करने को कहा है पटना हाई कोर्ट ने खनन और भू तत्व विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत अपने खेत की मिट्टी के निजी उपयोग पर कई तरह की रोक लगा दी गयी थी एक याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने यह आदेश सुनाया प्रदेश में दो हजार नौ सौ इक्यावन नये पेट्रोल पंप खोले जायेंगे इनमें एक हजार अठारह पंप ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जायेंगे इक्कीस से साठ वर्ष तक की आयु वर्ग वाले लोग पेट्रोल पंप के लिए आवेदन कर सकते हैं शैक्षणिक योग्यता बारहवीं से घटाकर दसवीं कर दी गयी है वहीं ग्रामीण इलाकों के लिए आवासीय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गयी है जिन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है वे भी आवेदन कर सकेंगे शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन शुल्क दस हजार रूपये और ग्रामीण क्षेत्र के लिए आठ हजार रूपये निर्धारित किया गया है केन्द्र सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी की राशि भुगतान करने की व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला किया है अब उपभोक्ताओं के बैंक खातों की जगह सब्सिडी की राशि सीधे तेल कम्पनियों के खाते में जायेगी इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को सब्सिडी की कीमत में ही सिलेंडर मिलेगा पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और फर्जीवाड़े को देखते हुये फैसला किया गया है जल्द ही नये तरीके से सब्सिडी देने का प्रावधान शुरू हो जायेगा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुनील अरोड़ा देश के नये मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी श्री अरोड़ा दो दिसम्बर को पदभार ग्रहण करेंगे वे निवर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का स्थान लेंगे पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने रिश्वतखोरी के आरोप में मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाने के तत्कालीन दारोगा रामाश्रय प्रसाद को दोषी पाते हुये चार वर्ष कैद और दस हजार रूपये की सजा सुनाई है दोषी दारोगा को निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने दो हजार सोलह में मोटरसाईकिल चोरी के एक केस में मदद के लिए दो हजार रूपये रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया था सुजन घोटला मामले में सीबीआई ने दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में भागलूपर जिला भू अर्जन कार्यालय के पूर्व नाजिर प्रभाष चंद्र सिंह और मुकूल सिन्हा से पूछताछ की है जांच एजेंसी ने इन दोनों से योजनाओं पर होने वाले खर्च के विषय में पूछताछ की मुंगेर के बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल मामले में जिले की एक अदालत ने अप्राथमिकी अभियुक्त चन्द्रशेखर आजाद और राहुल सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है इन दोनों पर एके सैंतालीस राइफल खरीदने का आरोप है एसपी बाबू राम ने बताया कि इन दोनों के घर की कुर्की जब्ती के लिए पुलिस ने कोर्ट में आवेदन दिया है प्रवर्तन निदेशालय ऐसे नक्सलियों को सूचीबद्ध कर रहा है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में नामी बेनामी तरीकों से सम्पत्तियां अर्जित की हैं इनमें गिरफ्तार नक्सलियों के साथ ही पुलिस की पकड़ से बाहर के नक्सली भी शामिल हैं प्रदेश की निचली अदालतों में पदस्थापित चौरानवे सब जजों को अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति दी गयी है पटना उच्च न्यायालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है औरंगाबाद जिले के सोन नदी के तटवर्ती इलाके में सब्जी की खेती को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी टाल दियारा विकास योजना लागू कर दी गई है जिला कृषि पदाधिकारी राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के चार प्रखंडों दाउदनगर बारून नबीनगर और ओबरा को शामिल किया गया है उन्होंने बताया कि कद्द की खेती करने पर राज्य सरकार की ओर से आठ हजार और परवल की खेती करने वाले किसानों को नौ हजार रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जायेगा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए नौ उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है वहीं उपाध्यक्ष के लिए आठ महासचिव के लिए नौ कोषाध्यक्ष के लिए सात और संयुक्त सचिव के लिए नौ प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है उनतीस पदों के लिए कुल एक सौ इक्कीस प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है उत्तरी हवा के कारण प्रदेशभर के तापमान में गिरावट आई है मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में बने चक्रवात के कारण अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश में बादल छाये रहेंगे तीस नवम्बर के बाद ठंड में और बढ़ोतरी की सम्भावना है बक्सर का प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा आज से शुरू हो गया है श्रद्धालुओं ने रामरेखा घाट पर स्नान करने के बाद रामेश्वरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर परिक्रमा की शुरूआत की और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने नशा मुक्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है शराबबंदी में गड़बड़ी करने वाले अफसरों को भेजें जेल दैनिक जागरण ने लिखा है भयावह है आंकड़े सत्ताईस प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं की वजह है शराब राष्ट्रीय सहारा और आज ने भी नशा मुक्ति दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को नहीं मिलेगा होम वर्क बस्ता भी डेढ़ किलो से ज्यादा नहीं होगा प्रभात खबर ने लिखा है पांच स्टेट हाईवे दस मीटर होंगे चौड़ें बढ़ेगी आवागमन की सुविधा